उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहंचा है और न ही पहंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण लोगों की कार्य संस्कृति जीवन शैली और दैनिक आदतों में मूलभूत रूप से अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान देशवासियों के दुढ़ निश्चय से भारत के नव कायाकल्प की शुरूआत हई है देश में बिजनेस दफ्तर शिक्षा संस्थानों और स्वास्थ्य क्षेत्र में तेजी से नये बदलाव हो रहे हैं प्रौद्योगिकी के मामले में भी उभरती स्थिति के अनुरूप हर क्षेत्र में नवाचार हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने में डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए मोदी ने कहा कि इन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उदेश्य से हाल ही में एक अध्यादेश लागू किया गया है जिसके तहत कोरोना योद्धाओं को नुकसान पहंचाने पर कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया है उन्होंने किसानों और मजदूरों सहित समाज के हर वर्ग के लोगों के प्रयासों को भी सराहा प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को अक्षय तृतीया व रमजान की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्यौहार संयम सदभावना संवेदनशीलता और सेवा भाव के प्रतीक हैं मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं वापिसी लॉकडाउन के कारण प्रदेश के बाहरी राज्यों में फंसे विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार ने वापिस लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है

प्रशासन की ओर से इन्हें क्वारंटीन सेंटर में लाया गया जहां उनका मैडिकल किया गया

उन्होंने कहा कि इसमें संबंधित नगर परिषद या पंचायत को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी

उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि जिन बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आएंगे उनके नमूने जांच के लिए भेजे जाएंगे

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक ऊना जिला में आठ कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अब छह एक्टिव रह गए हैं चंबा और सोलन में दो दो जबकि हमीरपुर कांगड़ा और सिरमौर में एक एक एक्टिव केस है

आग आज शिमला ज़िला की चिड़गांव तहसील के दुगियाणी गांव में भीषण आग से सात मकान और दो मंदिर जलकर राख हो गए

दमकल विभाग और राहत दलों को आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भीषण अग्निकांड पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने इस हादसे में एक महिला के जिंदा जलने पर भी दुःख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को अपनी सम्वेदना भेजी है